विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा न करने का लगाया आरोप पन्द्रहवां तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाराणसी में आज से हो रहा है शुरू

प्रयागराज कुंभ में पौष पूर्णिमा के अवसर पर दूसरा मुख्य स्नान आज श्रद्वालु ब्रम्हमुहूर्त से ही संगम में कर रहे हैं स्नान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन द्वारा कोलकाता में आयोजित रैली की कड़ी आलोचना की है उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंघन श्रष्टाचार घोटालों नकारात्मकता अस्थिरता और असमानता का गठजोड़ है उन्होंने कहा कि विपक्ष को आगामी चुनावों में अपनी हार नजर आने लगी है और इसके डर से वह बहाने खोज रहा है तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है महाराष्ट्र और दक्षिण गोवा के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों का संकैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है इसीलिए वे इन्हें बदनाम करने में लगे हैं उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विफक्षी दलों की रैली केवल वंशवादी राजनीति को बचाने और उसे बढ़ावा देने की मुहिम थी ये महागठबंधन नामदारों का बंधन है ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है ये बंधन तो भ्रष्ट्राचार का बंधन है ये बंधन तो घोटालों का बंधन है ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है ये बंधन तो अस्थिरता बंधन है ये बंधन तो असमानता का बंधन है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना श्री मोदी ने कहा कि जो पार्टी राज्य में हाल के पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल रही थी वह अब देश में लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सवा अरब लोगों और उनकी आकांक्षाओं के साथ गठबंधन किया है अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह निर्णय कारगर नहीं होता तो विफ्की दल आज इतने चिंतित नहीं होते उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि आरक्षण देने का यह फैसला चुनाव के मद्देनजर किया गया भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिंकर के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की और उन्हें आधुनिक गोवा का निर्माता बताया श्री पर्रिकर पिछले कुछ समय से बीमार हैं

सम्मेलन में शामिल होने के लिये विभिन्न देशों से लगभग छह हजार प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है आज युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा तथा बाईस जनवरी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन का औपचारिक श्भारंभ करेंगे इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ मुख्य अतिथि होंगे

समापन अवसर पर भारतवासियों के उत्थान के लिये काम करने वाले और विभिन्न मंचों पर अपनी उल्लेखनीय सेवाओं से भारत का नाम रोशन करने वाले तीस प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जायेगा इस बीच संयुक्त अरब अमारात यूएई में रह रहे लगभग तीन सौ से अधिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं इस वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस का मुख्य विषय है आधुनिक भारत में प्रवासी भारतीय समुदाय का योगदान हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय काशी पहुंच गए हैं आंखों में नमी और दिलों में मातृभूमि के प्रति आगाध प्रेम लिए अप्रवासी भारतीय अपने पुरूखों के धरती पर पहुंचे हैं काशी पहुंचने के बाद बहुत से अप्रवासी भारतीय बाबा विश्वानाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे प्रवासियों के स्वागत के लिए प्ररा शहर सज धज कर तैयार है श्री बालेश्वर अग्रवाल प्रवासी नगर यानी टेंट सिटी में ठहरने वाले प्रवास भारतीय वहां की सुविधाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सवर्णो में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने के फैंसले को ऐतिहासिक करार दिया है श्री अठावले ने कहा कि पहले सामान्य श्रेणी के लोगों में आरक्षण न होने के कारण रोष था लेकिन अब इस श्रेणी के बड़ी संख्या में गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हये श्री अठावले ने कहा कि इस फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद ने इस विवेयक को स्वीकृति दी है और उसे राष्ट्रपति भी सहमति दे चुके हैं उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिये प्रतिबद्व है और पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान इस दिशा में पेंशन सहित अन्य कई योजनाओं से उन्हें लाम पहुंचाया गया है सपा बसपा गठबंघन की आलोचना करते हुये श्री अठावले ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वह पुनः सत्ता में आयेगी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कई बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री मायावती का भाजपा को साम्प्रदायिक करार देना हास्यास्पद है श्री अठावले ने कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता भी इस गठबंधन से खुश नहीं हैं पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुये उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को राज्य में दो तीन सीटें दे दी जायें तो इससे भाजपा को दलित वोटों का काफी लाभ मिलेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि अगले साल से देश के सभी स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाया जायेगा

उन्होंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूलों में प्रतिदिन एक घंटा खेलों के लिये निर्धारित होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भेज भी सकते हैं प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर कुंभ मेले का दूसरा मुख्य स्नान है श्रद्वालु आज ब्रम्हमुहूर्त से ही संगम में स्नान कर के दान पुण्य कर रहे हैं मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा को शुभ माना जाता है और इसके साथ ही कृंग मेले में एक माह तक चलने वाले कल्पवास की शुरूआत होती है कल्पवास के दौरान लोग एक माह तक संगम के करीब छोटे छोटे टैंटों में रहते हैं और दिन में तीन बार स्नान करते हैं तथा दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मेला क्षेत्र में सात सौ और पूरे शहर में डेढ़ हजार से अधिक साइन बोर्ड लगाए गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेला नगरी में प्रशासन ने पानी के दो सौ एटीएम भी स्थापित किए हैं

बड़ी संख्या में लोग स्नान और कल्पवास के लिए पहले से ही पहुंचने लगे हैं एक माह के कल्पवास के दौरान लोग संगम तट पर तम्वुओं पर रहकर दिन में तीन बार स्नान और एक बार भोजन करते हैं पहले शाही स्नान में रिकार्ड सवा दो करोड़ लोगों ने संगम तट में डुबकी लगाई थी शशांक कुमार कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री उमा भारती ने कल झांसी रेलवे स्टेशन पर आरक्षित लाउन्ज सब वे सहित कई रेल सुविधाओं का लोकार्पण किया इस अवसर पर सुश्री भारती ने कहा कि झांसी में इन सुविधाओं से आम यात्रियों को खासी राहत मिलेगी विशेष रूप से दिव्यांग और वृद्व यात्रियों के लिये ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड पर्यटक सर्किट के डीपीआर का प्रारूप तैयार हो चुका है जिसमें बुंदेलखंड से संबंधित सभी पर्यटन केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध होगी गढमुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रजघाट गंगापुल पर टैक्ट्रर ट्राली पर सवार तीन लोग कल ट्राली से नीचें गिर गए तीनों को सड़क पर दौड़ रहे वाहनों ने कुचल दिया जिनमें दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की उपचार के दौरान मौत हो गई